प्रदेश में यूरिया खाद की उपलब्धता के लिये आवश्यक प्रयास जारी केन्द्र ने कहा मौजूद है पर्याप्त भण्डार दिल्ली से जयपुर सहित चार शहरों के बीच चलेंगी सीएनजी बसें

राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी से मुलाकात करने का कार्यक्रम है माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का फैसला हो जाएगा नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पायलट ने कहा कि वृद्ध किसानों की पेंशन शुरू करने सहित घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे इधर इस मुद्दे पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे के साथ कल देर रात राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की वार्ता हुई जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पर्यवेक्षक के सी वेणुगोपाल मौजूद रहे

श्री गौडा ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों तक इनका प्रर्याप्त वितरण सुनिश्चित करें इस बीच प्रदेश में यूरिया संकट को दूर करने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है

कृषि और सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कमार ने कल यूरिया आपूर्ति कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने विडियो कांफेसिंग के जरिये जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि योजना के तहत मरीजों की स्वास्थ्य जांचों को भी पूरी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराया जायेगा डॉ शर्मा ने अधिकारियों को कार्यालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों का सघन निरीक्षण कर स्टॉक में उपलब्ध दवाइयों और जांच सुविधाओं की जानकारी देने के निर्देष दिये

अभ्यारण के ताल वृक्ष रेंज में एक नाले में वन कर्मियों को ये शावक नजर आये सूचना मिलने पर वन अधिकारियों ने खेत्र में अतिरिक्त वन कर्मियों का दस्ता तैनात किया है और बाधिन की लोकेशन ट्रेस करने के लिये कैमरे लगाये है गौरतलब है कि सरिस्का में पिछले दो महीनों के दौरान तीन बाघो की मौत हो चुकी है ऐसे में इस खबर से पर्यावरण प्रेमियों के साथ अलवर के पर्यटन व्यवसाइयों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है इधर रणथंमौर राष्ट्रीय उद्यान में कालाबाजारी रोकने और पर्यटर्को की सुविधा के लिये टिकटों की बिक्री शत प्रतिशत ऑनलाइन कर दी गई है

कल पहले दिन बॉलीवुड कलाकार नसीरूद्दीन शाह सहित कई साहित्यकर्मियोंने शिरकत की ं इस दौरान नसीरूद्दीन शाह का कुछ संगठनों की ओर से उनके द्वारा दिये गये सहिष्णुता संबधी बयान को लेकर विरोध किया गया जिस पर उन्हें वापस लौटना पड़ा